पकड़े गए आरोपियों की पहचान मंडी डबवाली निवासी अमरदीप सिंह और राजेश कुमार तथा मुक्तसर निवासी प्रदीप कुमार के रूप में हुई है पुलिस इन तीनों आरोपियों को आदालत में पेश कर रिमांड हासिल करेगी सीआईए सिरसा प्रभारी इंसपेक्टर रवी कुमार को मिली सूचा के अनुसार उपरोक्त आरोपी दिल्ली से हेरोइन खरीद कर राजस्थान के रास्ते ओटू रानिया से होते हुए डबवाली सप्लाई करने की फिराक में था इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर तीनों अरोपियों को पकड़ा है

मतदान केन्द्रों के अंदर खड़े लोग अभी भी मतदान कर रहे हैं

पंजाब में आज मतदान में बुजुर्गो दिव्यांगों सहित सभी ने पूरे उत्साह से भाग लिया मतदान के दौरान कुछ जगह से अकाली दल व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व समर्थकों में झड़पें होने की भी खबर है खड़ूर साहिब लोकसभा क्षे के सरली कला गांव में एक नौजवान की हत्या कर दी गई जब वह मतदान कर के लौट रहा था मृतक अकाली दल का समर्थक बताया जा रहा है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 बठिंडा जिले के तलवंडी साबो में हुई एक अन्य झड़प में पोलिंग बूथ के पास दो लोग गोलीबारी में जख्मी हो गए पुलिस ने जिला कांग्रेस प्रधान खुशबाज सिंह जटाना के खिलाफ मामला दर्ज किया है इसी तरह बठिंडा के कांगड़ गांव में अकाली दल और कांग्रेस के समर्थकों में झड़प हो गई जिसमें परमजीत कांगड़ और सरबजीत कांगड़ जख्मी हो गए इसी झड़प में पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका की कार के शीशे भी तोड़ दिये

अरोपियों को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है रोहतक के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया है कि ओवरलोड गाड़ियों को बिना चालान के चरखीदादरी नारनौल झज्जर रोहतक भिवानी और सोनीपत क्षेत्रों से पार करवाया जा रहा था उन्होंने बताया कि ये कार्यवाही एक सूचना के आधार पर की गई है इसमें सांपला के छोट्राम पाारक के पास से कारों से दो व्यक्तियों को काबू किया गया

दोनो व्यक्तियों की पहचान बहादुरगढ में खरमाणा निवासी रविंदर और रोहतक के डेरा मोहल्ला निवासी सुरेंदर राठी के रूप में हुई है उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये दोनो चरखीदादरी के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी के साथ मिलकर अवैध वसूली करते थे नारनौल से रेतीरोडी आदि चलने वाली सभी गाड़ियों के चालकों मालिकों की विस्तृत जानकारी उनके पास थी एसपी ने बताया कि दोनो आरोपी चरखी दादरी में एक किराए के मकान में रह रहे हैं तलाशी लेने पर इस मकान से भी अवैध रूप से पचास लाख रूपए की राशि बरामद हुई है

रक्तदान शिविर का शुभारंभ हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक परमिंदर राय ने किया इस अवसर पर उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया मिशन की पंचकूला इकाई के संचालक करनैल सिंह ने बताया कि रक्तदान के लिए लगाए गए इस शिविर मे पीजीआई चण्डीगढ के डाक्टर सुचेत सहदेव के नेतृत्व में आई टीम और पंचकूला के सिविल अस्पताल के डाक्टरों की टीम का सहयोग रहा अंबाला के गांव धुरकड़ा के पास स्थित पेट्रोल पंप पर काम करने वाले दो पंप कर्मियों की करंट लगने से मौत हो गई इनकी पहचान गांव ध्रकड़ा निवासी मोनू और गांव सेगता निवासी गुरध्यान के रूप में हुई है हादसा तब हुआ जब ये दोनो पेट्रोल पंप की लाईट को ठीक कर रहे थे इस दौरान लोहे की सीढी हाई टेंशन तार से टकरा गई और करंट लगने से दो लोगों की मौत हो गई

रेंजर्स के बाक्सर संदीप जांगड़ और कोच गुरबख्श सिंह ने बताया कि इससे पहले जून माह में सिरसा भिवानीगोवा और बीकानेर मे क्वालिंफाइंग मुकाबले करवाए जाएंगे